शहीद ए आज़म भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित शिमला में लगाया गया रक्तदान शिविर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पंचायत प्रतिनिधियों से लोगों की आंकाक्षाओं पर खरा उतरने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला से लाहौल स्पीति ज़िले के लिए चार सेवाओं का वर्चअल माध्यम से शुभारम्भ किया इनमें ई ऑफिस ई हैली सर्विस ई आगमन और ई लाहौल सेवाएं शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि ई ऑफिस का उददेश्य कार्यालयों को कागज सहित बनाकर विभागों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है उन्होंने कहा कि इसके अलावा ई लाहौल वैब ऐप्लीकेशन को लाहौल स्पीति जिले में स्थानीय विकृताओं को अस्थाई रूप से स्टॉल स्थापित करने के लिए पंजीकरण कराने को लेकर विकसित किया गया है जयराम ठाक्र ने कहा कि ई हैली सर्विस से लोगों को शीतकालीन मौसम में हैलीकॉप्टर सेवा की सुविधा मिलेगी इस मौक पर जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली का उपयोग करने वाला लाहौल स्पीति प्रदेश का पहला जिला होगा पर्यटन विकास इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला में राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने निगम को अपनी इकाइयों को लाभप्रद बनाने की दिशा में प्रयास करने को कहा जयराम ठाक्र ने कहा कि निगम के होटलों में शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए और मैन्यू में नए व्यंजन भी शामिल किए जाएं उन्होंने कहा कि पर्यटन को आर्किषत करने के लिए कुंजुम मनाली और शिमला के होटल होलीडे होम का जीर्णोद्वार जरूरी है

इस मौके पर क्रतज्ञ राष्ट्र ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन महान शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की है एक टवीट में उन्होंने कहा कि मां भारती के इन महान सपूतों का बलिदान देश की हर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बना रहेगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भी महान कांतिकारी भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा कि उनका बलिदान हम सबको सदैव राष्ट्र सेवा व एकता के लिए प्रेरित करता रहेगा राज्यपाल इस बीच शहीदी दिवस पर आज शिमला के रिज मैदान पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं व संगठनों द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया

उन्होंने लोगों से मानवता की सेवा में आगे आने का आहवान किया राज्यपाल ने कहा कि शहीदी दिवस पर रक्तदान करके हम शहीद ए आज़म भक्त सिंह राजग़रू और सुखदेव को सच्ची श्रद्वाजंलि अर्पित कर सकते है बंडारू दत्तात्रेय ने रक्तदाताओं को प्रमाणपत्र भी वितरित किए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और राज्य रैड कॉस सोयायटी की अध्यक्ष डॉ साधना ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहीं परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग व केरियर कांउसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी कांगड़ा जिले के ननाओं में राजकीय महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका के विमोचन अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने व इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा

जसवां परागपूर क्षेत्र की निचला भलवाल पंचायत में आज एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इस पंचायत में नाबार्ड के तहत करोड़ों रूपए के विकास कार्य चल रहे हैं समझौता ज्ञापन हिमाचल और पंजाब में अधिक बस रूटों पर बस सेवाएं शुरू करने के लिए दोनों राज्यों की बीच आज चंडीगढ़ में एक समझौता हुआ इस अवसर पर हिमाचल के प्रधान सचिव परिवहन कमलेश कुमार पंत राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव घनश्याम चंद और पंजाब के प्रधान सचिव परिवहन केशिवा प्रसाद मौजूद रहे इस समझौते के अनुसार दोनों राज्यों की अधिक सरकारी व निजी बसें चलाई जाएंगी ताकि लोगों को सुविधा हो सके सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पंचायत प्रतिनिधियों से आपसी तालमेल से काम करने का आहवान किया है उन्होंने आज राज्य ग्रामीण विकास संस्थान शिमला में प्रदेश के जिला परिषद अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के लिए आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया सुरेश भारद्वाज ने कहा कि चुने हुए प्रतिनिधयों को लोगों की आकंक्षाओं पर खरा उतरना होगा

शहरी विकास मंत्री ने उम्मीद जताई कि पंचायती राज संस्थाएं पंचायतों के विकास में नए आयाम स्थापित करेंगी और राज्य सरकार इस दिशा में हर संभव सहयोग प्रदान करेगी सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में अनुभव व युवा जोश का तालमेल बैठाया गया है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि चारों नगर निगमों में भाजपा जीत हासिल करेगी सुरेश कश्यप ने कहा कि नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा उत्साहित है और कार्यकर्ता धरातल पर बेहतर काम कर रहे हैं

हमीरपुर कोरोना इस बीच हमीरपुर जिला की उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि लोगों को पोस्टरों के माध्यम से भी मास्क पहनने व उचित दूरी बनाए रखने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है

इससे क्षेत्र के करीब एक हजार दो सौ लोग लाभान्वित होंगे इस मौके पर बरागटा ने क्यारी पंचायत में लोगों की समस्याएं भी सुनी